पांच की स्थिति गंभीर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू

सुधा के दूध समेत अन्य उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 साउंड बाईट कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत कूरासन गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की मौत हो गई पांच अन्य का गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है मृतकों के परिजनों ने बताया कि गुरूवार शाम को शराब पीने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और बाद में मौत हो गई पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा उन्होंने बताया कि इस मामले में जो भी दोषी पाये जायेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी प्रदेश में आज से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है इस चरण में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके दिये जा रहे हैं दूसरे चरण के लिये अब तक दो लाख पच्चीस हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि फ्रंट लाईन वर्कर्स में पुलिस सेना सैन्य बल होमगार्ड कारा विभाग आपदा प्रबंधन राजस्व विभाग और नगर निकाय के सफाई कर्मी शामिल हैं इसके अलावा सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को भी इसी चरण में टीका दिया जायेगा श्री पाण्डेय ने बताया कि पहले चरण के टीकाकरण के तहत निबंधित लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है और अट्ठाईस दिनों के बाद उन्हें टीके की दूसरी खूराक दी जायेगी उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिये निबंधित जो लोग टीका नहीं लगवा सके हैं उन्हें अब आम लोगों के साथ टीका लगाया जाएगा इधर प्रदेश में अब तक तीन लाख तिरपन हजार चार सौ अंठावन लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं कल चालीस हजार नौ सौ पचास लोगों को टीकाकरण हुआ स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी में टीके का प्रतिकूल असर नहीं दिखा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड टीका को लेकर फैलायी जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है उन्होंने कहा कि कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है

कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों की इम्पोटेंसी हो जाती है या उससे न्यूरो डैमेज हो जाता है और जो वैक्सीन यहां पर यूज हो रही हैं वो और देशों में भी यूज हो रही हैं तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस एण्ड सिग्नीफिकेंट साइड इफैक्ट हुए हैं इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन हैं जो हमारे साइंटिस्ट्स ने बनाई हैं जिसपर रिसर्च हुई हैं जिसपर सेफ्टी ट्रायल्स हुए हैं और वो जो बाहर भी यूज होनी हैं वो सारी सेफ हैं और उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव शून्य आठ प्रतिशत हो गई है एक दिन में दो सौ एक मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख अंठावन हजार सात सौ संतावन हो गई है वहीं इसी अवधि में नब्बे नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख इकसठ हजार एक सौ अंठावन हो गया है एक दिन में दो लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ चौदह हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या आठ सौ छियासी है राज्य सरकार ने स्कूलों में छठी से आठवीं तक की कक्षाओं को खोलने के बारे में दिशा निर्देश जारी किये हैं ये कक्षाएं आठ फरवरी से शुरू हो रही हैं कक्षाओं में क्रमानुसार एक दिन में सिर्फ पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति दी गई है बाकी बचे पचास प्रतिशत छात्र अगले दिन स्कूल आयेंगे सभी संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मियों को अब एक घोषणा पत्र देना होगा कि चयन प्रक्रिया में उनके कोई सगे संबंधी भाग नहीं ले रहे हैं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि लोकायुक्त के आदेश के अनुपालन में यह व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन ने सुधा के दूध समेत अन्य उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी की है दूध के मूल्य में दो रूपये से तीन रूपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है जबकि धी का मूल्य चालीस रूपये प्रति किलो तक बढ़ाया गया है वहीं मिठाईयों की कीमत भी दस रूपये से बीस रूपये प्रति किलो तक बढ़ गई है बढ़े हुये मूल्य कल से प्रभावी होंगे राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि धरना प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर किसी को सरकारी नौकरी या ठेके के वंचित नहीं किया जायेगा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है और इस पर कोई रोक नहीं है उन्होंने बताया कि यदि इस दौरान कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य में शामिल होता है तो इसका उल्लेख उसके चरित्र प्रमाण पत्र पर होगा श्री सुबहानी ने यह भी कहा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की स्थिति में चरित्र प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख नहीं होगा यदि मामले में आरोप पत्र दायर होता है तभी चरित्र प्रमाण पत्र में इसकी जानकारी दी जायेगी केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा के ऐसे अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के लिए सहमत हो गई है जो पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौरान परीक्षा में शामिल हए थे और उनके सभी अवसर खत्म हो चुके हैं केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय में ये जानकारी दी सरकार की ओर से बताया गया है कि निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए दूसरा अवसर नहीं मिलेगा राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रूक रूककर हल्की बारिश हो रही है आसमान में बादल छाये हुये हैं मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में बने प्रतिचक्रवात के प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है मध्रबनी के जयनगर से नेपाल के क्र्था के बीच रेललाइन के आमान परिवर्तन का काम पूरा कर लिया गया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि नेपाल से सहमति मिलने के बाद रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जायेगा एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री ने बताया कि अररिया के बथनाहा से नेपाल के विराट नगर के बीच रेललाइन बिछाने के काम का पहला चरण पूरा कर लिया गया है दरभंगा हवाई अड्डे से हैदराबाद और पुणे के लिये इक्कीस मार्च से विमान सेवा शुरू होगी निजी विमानन कंपनी स्पाईस जेट की वेबसाइट पर दोनों शहरों के लिये बुकिंग शुरू हो गई है वहीं पंद्रह फरवरी से स्पाईस जेट दरभंगा से अहमदाबाद के बीच हवाई सेवा बंद कर देगी यात्रियों की कम संख्या को देखते हुये यह फैसला किया गया है नल का जल योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के अनुरक्षकों को सरकार दो दो हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय देगी इसके अलावा उपभोक्ताओं से ली जाने वाली राशि का आधा हिस्सा भी अनुरक्षकों को दिया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में योजना की समीक्षा बैठक में ये फैसला किया गया पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये छह हजार करोड़ रूपये मिलेंगे

उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान में वृद्धि स्वागत योग्य कदम है यूरिया समेत अन्य खाद की कालाबाजारी करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी कृषि विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश निर्गत कर दिया है कृषि सचिवएन सरवन कुमार ने बताया कि यूरिया की कालाबाजारी में शामिल डीलर और द्रकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनका लाइसेंस रद्द करने का भी आदेश दिया गया है औरंगाबाद जिले में लगभग ग्यारह करोड़ अठारह लाख रूपये का छात्रवृत्ति घोटाला प्रकाश में आया है आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है मामले में तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी शांति भूषण आर्य और इकतालीस अन्य को नामजद किया गया है यह मामला वर्ष दो हजार बारह से दो हजार सोलह के बीच का है जिसमें अधिकारियों और विद्यालय प्राचार्यों की मिलीभगत से छात्रवृत्ति की राशि की हेराफरी की गई थी पंजाब नेशनल बैंक के बिहार जोन के प्रमुख संजय कांडपाल ने कहा है कि कोरोना से प्रभावित उद्योग धंधे और व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिये बैंक ने व्यापक कार्ययोजना बनाई है उन्होंने बताया कि इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में राज्यभर में बारह हजार करोड़ रूपये ऋण वितरण का लक्ष्य है श्री कांडपाल औरंगाबाद में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे इंटरमीडिएट परीक्षा के पांचवे दिन कल संतावन परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया सबसे अधिक नौ छात्र नवादा जिले से निष्कासित किये गये दरभंगा के बड़ा बाजार स्थिति एक आभूषण दुकान से पिछले दिनों हुई सोना लूट मामले में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने दो आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है दोनों समस्तीपुर के रहने वाले हैं गया जिले के कोतवाली और रामपुर थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात हथियार तस्कर अजय शर्मा के दो सहयोगियों को पांच देसी पिस्तौल दस मैगजीन और बासठ हजार रूपये के साथ गिरफ्तार किया है बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के बगधसवा गांव के पास पुलिस ने सर्च अभियान चला कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सली पर्चा बरामद किया है गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र अंतर्गत अमवां गांव से पुलिस ने एक ट्रक से दो सौ बासठ कार्टन शराब के साथ छह तस्करों को गिरफ्तार किया है मौके से एक ट्रक दो पिकअप वैन एक कार दो मोटरसाइकिल और सात मोबाइल भी बरामद किये गये हैं मधेपुरा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के कसबा गांव के पास एक पिकअप वैन के पलट जाने से दो लोगों की मौत को गई जबकि तेरह अन्य घायल हो गये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 हिन्दुस्तान ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है कोई यह बताये कानून में काला क्या है दैनिक जागरण ने लिखा है फ्रंटलाइन वॉरियर्स का वैक्सीनेशन आज से दैनिक भास्कर लिखता है झारखण्ड हाई कोर्ट ने पूछा लालू प्रसाद को कौन बीमारी है जो पहले बंगले में रखा फिर एम्स भेजा प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है कोरोना से घटी आमदनी ऊपर से मंहगाई की मार राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है पेयजल की आपूर्ति तय समय पर ही करें मुख्यमंत्री दैनिक आज की सुर्खी है कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का देशव्यापी चक्का जाम आज

पांच की स्थिति गंभीर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू

सुधा के दूध समेत अन्य उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी